मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सामुदायिक सेवा महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर उनको सबसे अच्छी श्रद्वांजलि होगी इसको ध्यान में रखते हुए ग्यारह सितम्बर से प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से मन की बात के जरिए लोगों से संवाद कर रहे थे मैं ेकह सकता हूं कि गांधी सेवा भाव से संगठन भाव को भी बल देते रहते थे समाज सेवा और समाज संवर्धन कम्युनिटी सर्विस और कम्युनिटी मोबलाइजेशन यह वो भावना जिसे हमें अपने व्यवहारिक जीवन में लाना है

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है और इसे ईंधन में बदला जा सकता है उन्होंने सिंगल यूज यानी दोबारा इस्तेमाल न होने वाले प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए लोगों से मिलकर काम करने का आहवान किया देश की सभी नगर पालिका नगर निगम जिला प्रशासन ग्राम पंचायत सरकारी गैर सरकारी सभी व्यवस्थाएं सभी संगठन एक एक नागरिक हर किसी से मेरा अनुरोध है कि प्लास्टिक कचरे के कलेक्शन और स्टोरेज के लिए उचित व्यवस्था हो मैं कॉरपोरेट सेक्टर से भी अँपील करता हूँ कि जब ये सारा प्लास्टिक वेस्ट इकटठा हो जाए तो इसके उचित निस्तारण हेत आगे आयें प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सितम्बर का महीना देशभर में पोषण अभियान के रूप में समर्पित है भोजन के महत्व से जुड़े एक संस्कृत सुमाषित का उल्लेख करते हुए उन्होंने महिलाओं और नवजात शिशुओं सहित सभी लोगों के लिए संतुलित और पोषक आहार पर जोर दिया उन्होंने पोषण अभियान का भी उल्लेख किया पोषण अभियान के अंतर्गत पूरे देशभर में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से पोषण को जन आन्दोलन बनाया जा रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी ब्रहस्पतिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देशभर में फिट इंडिया आंदोलन शुरू किया जाएगा जेटली अन्तिम संस्कार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली का आज नई दिल्ली स्थित निगमबोध घाट में परे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया श्री जेटली के पत्र रोहन ने उन्हें मुखाग्नि दी इस दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड़ भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकष्ण आडवाणी केंद्रीय ग्रहमंत्री अभित शाह राजनाथ सिंह निर्मला सीतारामन स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद तथा कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कपिल सिब्बल और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक बिहार उत्तराखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए दंतेवाड़ा उपचुनाव भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ सहित केरल त्रिपुरा और उत्तरप्रदेश में खाली हुई विधानसभा सीटों के लिए उप चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है इसके अनुसार छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा विघानसभा सीट पर उप चुनाव ं तेईस सितंबर को होगा वहीं चित्रकूट विधानसभा सीट के लिए उप चुनाव की तिथि बाद में घोषित की जाएगी चूनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित जिलों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार दंतेवाड़ा विधानसभा सीट पर उप चुनाव के लिए अट्ठाईस अगस्त को अधिसचना जारी की जाएगी चार सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएगे वहीं नामांकन पत्रों की जांच पांच सितंबर को की जाएगी उम्मीदवार सात सितंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे इस सीट पर तेईस सितंबर को वोट डाले जाएंगे और मतों की गिनती सत्ताईस सितंबर को होगी गौरतलब है कि दंतेवाड़ा सीट से भाजपा विधायक रहे भीमा मंडावी की लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान माओवादी हमले में मौत हो गई थी उनके निधन के बाद से यह सीट खाली है राज्यपाल मुलाकात राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों चिकित्सा शिक्षा संचालक के साथ फार्मेसी संकार्य के शिक्षकों और छात्रों की बैठक ली बैठक में राज्यपाल ने कहा कि आयुष विश्वविद्यालय से फार्मेसी संकाय के महाविद्यालयों का स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में हस्तांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए उन्होंने फार्मेसी संकाय में शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था के साथ ही प्रयोगशाला की उपलब्यता सुनिश्चित करने को भी कहा

जबकि एक अन्य जवान को बेहतर उपचार ँके लिए रायपूर लाया गया है यह मुठभेड अबूझमाड़ इलाके को गुमरका में हई थी इसमें पांच माओवादी मारे गए थे जबकि दो जवान घायल हो गए थे मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने आधी रात घायल जवानों को इलाज के लिए ओरछा लाया था इघर दंतेवाड़ा जिले में आठ लाख रूपये के एक इनामी माओवादी ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया यह माओवादी मलंगीर एरिया कमेटी का डिप्टी कमांडर था और इस पर हत्या लूट आगजनी जैसी कई बड़ी माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है उधर बीजापुर जिले के बासागुड़ा में सुरक्षा बलों ने एक जनभिलिशिया सदस्य को गिरफ्तार किया है वहीं सुकमा जिले में गादीरास थाना क्षेत्र के परिया गांव में बीती रात माओवादियों ने एक निजी कंपनी की स्लरी पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया माओवाद बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में माओवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों की बैठक बुलाई है

बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोमाल भी शामिल होंगे इस बैठक में माओवाद प्रभावित राज्यों में हिंसा और विकास की स्थिति का आंकलन किया जाएगा साथ ही माओवादी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर भी विचार विमर्श होगा बैठक में शामिल होने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नई दिल्ली के लिए रवाना हुए दूर्घटना धमतरी जिले में बीती रात हई एक सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हो गई यह हादसा करूद के केनाल मार्ग पर उस समय हुआ जब मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को चारपहिया वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया इस हादसे भें मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई इसी जिले में कुरूद के गागरा पुल के पास रायपुर से जगदलपुर जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई इस हादसे में चार यात्रियों को मामूली चोंटे आई हैं जिनको इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है बातों बातों में समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार जल संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रित रहेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया है और उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की बात कही है वर्षा जल को कैसे एकत्रित किया जाए और जल की बर्बादी को कैसे रोका जाए इस पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए आकाशवाणी समाचार ने छत्तीसगढ़ भू जल वैज्ञानिक संघ के अध्यक्ष विपिन दूबे से बात की इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे

राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों में आज हल्की से मध्यम बारिश हई मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी है वहीं कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है संक्षिप्त समाचार भारत की बैडभिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान की ओकुहारा को हराकर वर्ल्ड बैडभिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है यह खिताब जीतने वाली वह भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है राज्यपाल अनुसुईया उइके कल जन्माष्टमी के अवसर पर शदाणी दरबार में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में शामिल हुईं इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संतों के विचारों को अपनाने से जीवन में पूर्ण सफलता मिलती है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में आगामी अट्ठाईस अगस्त को आयोजित होने वाला जनचौपाल भेंट मुलाकात का कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है संगठन चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों जिला संगठन प्रभारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक कल सुबह रायपुर स्थित कशामाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की जाएगी जगदलपुर पुलिस ने ओडिशा के चार युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से दो सौ नवासी कैरेट हीरा बरामद किया है जब्त हीरे की कीमत लगभग दस लाख रूपये बताई जा रही है दुर्ग जिले के पोटियाकला स्थित तालाब में आज सुबह नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई इसी जिले की उतई पूलिस ने कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों से घोखाधड़ी करने को मामले में एक आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है रायपुर रेलमंडल के मांढर रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरकर पिता पुत्री घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है